मुख्यमंत्री कार्यक्रम में किसानों से सीघे संवाद के अलावा रेशम कीट पालन किट वितरण और सर्वश्रेष्ठ कोआ उत्पादकों को पुरस्कृत भी करेंगे सेरीकल्वर अधिकारी डॉ अरविंद भारद्वाज ने बताया कि किसानों के पंजीकरण के उपरांत किसानों व वैज्ञानिकों के मध्य तकनीकी चर्चा सत्र आयोजित किया जाएगा केन्द्रीय वित्त तथा कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अधिकारियों का आहवान किया है कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए नवोन्मेषी विचारों के साथ आगे आएं हमीरपुर में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड को हराकर देश व प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में हमें क्षमता से बढ़कर कार्य करना पड़े तो इसमें भी पीछे न रहें उन्होंने कहा कि हमीरपूर जिला साक्षरता में अव्वल रहा है और यहां ज्ञान आधारित आर्थिकी की संभावनाएं तलाशें उन्होंने अधिकारियों का आहवान किया वे फील्ड में जाकर वस्तु स्थिति का आकलन करें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विश्वास की नीति पर चलते हुए सभी वर्गों के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गांव और गरीब के विकास के लिये समर्पित सरकार है जिसमे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है

परमार ने कहा कि सरकार पंचायतों के विकास और खुशहाली के लिये प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि पनापर पंचायत में पंचवटी वाटिका पार्क और झील के सौंदर्यीकरण के लिये मनरेगा के तहत प्रावधान करने के आदेश विभाग को दे दिए गये हैं आशा कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मण्डल अपनी मांगों को लेकर कल शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भारतीय मजदूर संघ के महासचिव मंगत नेगी के नेतृत्व में मिला

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आशा कार्यकर्ताओं की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने नीति आयोग की वर्चुअल बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी हैं दिव्य हिमाचल की सुर्खी है उदार वित्तीय सहायता दें केंद्र नीति आयोग के सामने मुख्यमंत्री ने रखा पक्ष बोले प्रदेश में अब भी बहुत कुछ करना बाकि पंजाब केसरी और हिमाचल दस्तक का एक जैसा शीर्षक है हिमाचल ने हवाई सेवा व रेल नेटवर्क बढ़ाने के लिए मांगा अतिरिक्त बजट दैनिक जागरण के शब्द हैं जयराम ने मोदी से मंडी व कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए मांगी मदद दैनिक भास्कर के अनुसार नीति आयोग से रेल और मंडी कांगड़ा एयरपोर्ट निर्माण को सीएम ने मांगा बजट

आपका फैसला स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल के हवाले से लिखता है कोविड टीकाकरण की स्थिति संतोषजनक

हिमाचल दस्तक की एक खबर है चांशल में बनेगा स्की विलेज तत्तापानी में फ्लोटिंग रेस्तरां नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत आएंगे नए पर्यटन प्रोजेक्ट